सत्र चौबीस मार्च तक चलेगा बाईस फरवरी को पेश होगा राज्य का बजट

राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में

कल होगा मुख्य समारोह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

सत्र के पहले दिन राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे बाईस फरवरी को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया जायेगा तेईस फरवरी को विधान परिषद् में इसे पेश किया जायेगा एक मार्च से पांच मार्च तक बजट को लेकर सदन में चर्चा होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया वहीं एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने स्कूली छात्र छात्राओं की पोशाक जीविका दीदियों से सिलवाने का फैसला किया पहली से लेकर बारहवीं तक के विद्यार्थियों को दो सेट पोशाक दिये जायेंगे कैबिनेट ने बिहार पूलिस सेवा की सीधी भर्तियों में न्यूनतम उम्र सीमा बीस साल से बढ़ाकर इक्कीस साल करने का फैसला किया

हालांकि इस वर्ष उम्मीदवारों के पास दोनों परीक्षाओं में सवालों के जवाब देने के लिए विकल्प होंगे जेईई मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पिछले वर्ष की तरह ही होगा लेकिन छात्रों को नब्बे प्रश्नों में से पचहत्तर प्रश्नों के जवाब देने का विकल्प दिया जाएगा पिछले वर्ष दो हजार बीस में पचहत्तर प्रश्न पूछे गए थे और सभी के उत्तर उम्मीदवारों को देने थे नीट दो हजार इक्कीस का स्वरूप अभी घोषित नहीं किया गया है हालाँकि देश भर के कुछ बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में कमी करने के मद्देनजर नीट दो हजार इक्कीस के प्रश्न पत्रों में जेईई मेन की तरह ही विकल्प होंगे कोविड टीकाकरण के प्रथम चरण के तीसरे दिन आज राज्य भर के सभी टीकाकरण केन्द्रों पर चौदह हजार तेरह स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिये गये राज्य में अब तक सैंतालीस हजार दो सौ छियासठ लोगों को टीके दिये जा चुके हैं कल चौदह हजार सात सौ पैंतालीस लोगों का टीकाकरण हुआ जो लक्ष्य का इक्यावन दशमलव दो प्रतिशत था वहीं टीकाकरण के पहले दिन शनिवार को अठारह हजार एक सौ बाईस लोगों को टीके दिये गये थे

पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच सौ पंचानवे रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख चौवन हजार पांच सौ आठ हो गयी है वहीं इसी अवधि में एक सौ नवासी नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख उनसठ हजार बहत्तर हो गयी आज सबसे अधिक तिरसठ मामले पटना से सामने आये हैं सारण से बारह और बेगूसराय से दस मामलों की प्रष्टि हुई है आठ जिलों से आज एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है एक दिन में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार चार सौ इकसठ हो गया है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार छह सौ अंठानवे है इधर देश में अब तक कोविड से एक करोड़ दो लाख अठाईस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर बढकर छियानवे दशमलव छह छह प्रतिशत हो गई है

आज दोपहर में हल्की धूप खिलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली मौसम विज्ञान कोन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि पटना और गया में शीत दिवस की स्थिति बनी रही और सघन कोहरे के कारण दृश्यता अपने न्यूनतम स्तर पर रही उन्होंने बताया कि अगले चौबीस घंटों तक मौसम के रूख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा

इधर ठंड को देखते हुए पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी ने कल तक नौवीं तथा दसवीं की कक्षाओं को बंद रखने का आदेश जारी किया है

पंज प्यारों के नेतृत्व में पटना के गाय घाट स्थित बड़ी संगत गुरूद्वारे से भव्य नगर कीर्तन और शोभा यात्रा निकाली गयी इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया शोभा यात्रा के दौरान म्यूजिक बैंड के सदस्यों की प्रस्तुति और गडका दल के सदस्यों के रोमांचक करतब आकर्षण के केन्द्र रहे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 इसके बाद देर रात बाल लीला मैनी संगत गुरूद्वारा में जन्मोत्सव मनाया जायेगा प्रकाश पर्व में भाग लेने के लिये देश विदेश से श्रद्धालु पटना सिटी पहुंचे हैं प्रातः नौ बजकर बीस मिनट से दोपहर ग्यारह बजकर बस मिनट तक श्री तख्त हरिमंदिर साहिब से गुरू गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकोत्सव पर आयोजित शब्द कीर्तन की आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जायेगा इसके चलते आकाशवाणी पटना से सुबह नौ बजकर पन्द्रह मिनट से प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दिन के ग्यारह बजकर बीस मिनट से प्रसारित होगा

संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नेताजी के अतुल्य योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी निःस्वार्थ सेवा की याद में यह फैसला किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल में आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस को याद किया था बाईट भारत की इस महान धरती ने कई सारे महापुरूषों को जन्म दिया है और उन महापुरूषों ने मानवता के लिए कुछ अद्भुत अविस्मरणीय कार्य किए हैं हमारा देश बहुरत्न वसुन्धरा है ऐसे महापुरूषों में से एक थे नेता जी सुभाषचंद्र बोस हमारे स्वाधीनता संग्राम के वीरों की गाथाओं को बया करने वाली बातें हमें इतिहास के भीतर जाने के लिए प्रेरित करती है सुभाष बाबू को हमेशा एक वीर सैनिक और कुशल संगठनकर्ता के रूप में याद किया जाएगा एक ऐसा वीर सैनिक जिसने आजादी की लडाई में अहम भूमिका निभाई दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी नारों से नेता जी ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई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

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के प्रारूप का अंतिम प्रकाशन पहली फरवरी तक किया जायेगा लोग इस सूची पर कल से आठ फरवरी तक दावा आपत्ति कर सकेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शिशिर सिन्हा ने आज बिहार विद्यूत विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ ली राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में आयोजित सादे समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी श्री सिन्हा के साथ सुभाष चन्द्र चौरसिया ने भी आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली पटना उच्च न्यायालय ने गया स्थित विश्व प्रसिद्ध विष्णूपद मंदिर के बेहतर प्रबंधन के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने कहा कि एक ऐसी योजना बननी चाहिए जो पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण के भी अनुकूल हो न्यायालय ने इस योजना के लिए राशि उपलब्ध कराने के संबंध में केन्द्र सरकार से भी राय मांगी है मामले की अगली सुनवाई सताईस जनवरी को होगी राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के सात अधिकारियों का तबादला किया है एम आर नायक को बिहार सैन्य पुलिस में पुलिस महानिरीक्षक और के एस अनुपम को पुलिस महानिरीक्षक पुलिस आधुनिकीकरण बनाया गया है पंकज कुमार आर्थिक अपराध ईकाई में पुलिस अधीक्षक होंगे जबकि चन्द्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी राजस्व और भूमि सुधार विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी निभयेंगे पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल के सिकटा से कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बारह किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है बरामद चरस का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य छत्तीस लाख रूपये बताया जाता है

बक्सर जिले की एक पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के लगभग दो साल पुराने एक मामले में दोषी विकास कुमार को बीस साल कारावास की सजा सुनायी है खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत नौरंगा में फसल की सिंचाई के दौरान करंट लगने से दो सगे भाईयों की मौत हो गयी सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत टेकनीवास बाजार के पास दो कार के बीच आमने सामने के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गंडार गांव के पास एक पेट्रोल टैंकर पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा मौके पर चालक की मौत हो गयी जबकि उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गया वहीं जिले के नया गांव और मसरख थाना क्षेत्र में हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गयी गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बलथरी चेकपोस्ट के पास पुलिस ने एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब बरामद के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर बिहार विधान मंडल का बजट सत्र उन्नीस फरवरी से शुरू हो रहा है

बाईस फरवरी को पेश होगा राज्य का बजट

राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में

कल होगा मुख्य समारोह